साझा इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसका आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है कोविड वैक्सीन केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में भी कोविड वैक्सीनेशन संबंधी प्रारंभिक तैयारियाँ शुरू हो गई है इसके तहत पहले फेस में चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों और हाई रिस्क ग्रप हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार किया जाना है इस संबंध में राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सभी अधिकारियों एवं स्टॉफ का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है

गौरतलब है कि भारत शासन द्वारा मिशन संचालक एनएचएम को राज्य स्तरीय कोविड टीकाकरण के लिये राज्य नोडल अधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है वहीं जिला स्तर पर कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है

होशंगाबाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं

वहीं प्रशासन द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है इन्दौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप अभियान के तहत च्चनावी पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है इनमें मतदाताओं को कोरोना से बचाव के संबंध में मतदान केन्द्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ साथ सुरक्षित मतदान के तौर तरीके भी बताये जा रहे हैं उधर ग्वालियर जिले में भी कोरोना संकमण के मददेनजर मतदान केन्द्रों पर सभी जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश दिये गये हैं चुनाव प्रचार की अगर बात की जाये तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जिले के सुवासरा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे श्री चौहान ने कल केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान पर एक जनसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर ग्वालियर चंबल संभाग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियों को संबोधित किया जावड़ेकर पीएम आवास सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए वाई के तहत अब तक तीन करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है और डेढ करोड़ से अधिक निर्माणाधीन हैं श्री जावडेकर कल पुणे नगर निगम द्वारा योजना के तहत पांच परियोजनाओं में बनाए गए मकानों के लिए निकाले जाने वाले ड्रॉ के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बारह करोड़ शौचालयों ढाई करोड़ परिवारों को बिजली की सुविधा चार करोड़ पानी के कनेक्शन और उज्ज्वला गैस जनधन आयुष्मान भारत तथा सभी के लिए शिक्षा जैसी विभिन्न परियोजनाएं लाकर अनुकरणीय काम किया है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

नवरात्र विजयदशमी नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गापूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनायी जा रही है विजयदशसी या दशहरा पर्व रावण पर प्रभू राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है यह बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी है हालांकि प्रदेश में कई स्थानों पर आज नवरात्रि का अंतिम दिन माना जा रहा है लिहाजा वहां कल दशहरा मनाया जाएगा कोरोना के चलते राजधानी में इस बार चल समारोह आयोजित नहीं होगा इस बार दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों से सीधे विसर्जन घाट पर ले जाई जाएंगी

घाटों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि भीड़ घाटों तक न पहुंचे उधर विदिशा जिला मुख्यालय पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं वेतवा नदी में विसर्जित नही होगी मूर्तियों के विसर्जन के लिए नदी के चरण तीर्थ घाट पर एक भव्य विसर्जन कंड का निर्माण किया है जहा प्रतिमाओं का विसर्जन होमगार्ड के जवानों की मदद से कराया जाएगा खरगोन कलेक्टर अनुग्रहा पी ने नागरिकों से घर पर लाईव दशहरा कार्यक्रम देखने की अपील की है

उधर रतलाम में आज रावण दहन का कलेक्टर के फेसब्क पेज से सीधा प्रसारण किया जायेगा

वहीं दूसरे स्थान पर द शिशुकूंज इन्टरनेशनल स्कूल इंदौर के विद्यार्थी रहे तीसरे स्थान पर दिल्ली पब्लिक स्कूल सिंगरौली के छात्र रहे

उनपर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है